और प्रो कबड्डी के पटना लीग की शुरूआत

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कल एक दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं वे पटना हाईस्कूल गर्दनीबाग की स्थापना के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे साथ ही श्री नायड् पटना विश्वविद्यालय के केन्द्रीय प्रस्तकालय के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भी भाग लेंगे उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं पटना हाई स्कूल अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष समारोह मना रहा है दो जुलाई उन्नीस सौ उन्नीस को स्थापित इस विद्यालय का गौरवशाली इतिहास रहा है एक रिपोर्ट बाईट भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुये राजेंद्र सिंह सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद गृह सचिव राजीव गाबा राज्यसभा सदस्य आर के सिन्हा सहित कई नामचीन हस्तियां इस विद्यालय के छात्र रह चुके हैं कल आयोजित हो रहे विद्यालय के शताब्दी समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू मुख्य अतिथि होंगे राज्यपाल फागु चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और राज्यसमा सांसद आर के सिन्हा भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे इधर आज पूर्ववर्ती छात्र संघ की ओर से स्कूल परिसर से शहीद स्मारक तक शताब्दी दौड़ का आयोजन किया गया आकाशवाणी समाचार के लिये पटना से सविता पारीक अत्याधुनिक हथियारों और कारतूस की म्यांमा से भारत में तस्करी कर आतंकियों को इसकी आपूर्ति करने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पांच लोगों के खिलाफ पटना स्थित विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है जिन लोगों पर आरोप पत्र दाखिल किया गया है उनमें बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश झारखण्ड और मणिपुर के भी लोग शामिल हैं गौरतलब है कि पूर्णिया जिले की बायसी थाना पुलिस ने भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियारों के बैरल कारतूस लांचर और ग्रेनेड समेत अन्य सामान जब्त की थी इस संबंध में बायसी थाना में इस साल सात फरवरी को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी बाद में मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गयी थी आरोप पत्र के अनुसार हथियारों की तस्करी म्यांमा सीमा से नागा आतंकियों की मदद से की जाती थी और फिर इनकी आपूर्ति प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को की जाती थी सीतामढ़ी नगर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार मिश्र को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है निलंबित पुलिसकर्मी पर बरामद शराब को गायब करने का आरोप है निलंबन के आदेश जारी होने के बाद वे फरार हो गये हैं वहीं नगर थाना के एक दारोगा प्रमोद कुमार को इसी मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि केन्द्र सरकार के पहले पचास दिन के कार्यकाल में सभी किसानों को पेंशन पाने का हक दिया गया है आकाशवाणी से एक विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गो का ध्यान रख रही है

समी किसानों को पेंगन तीन हजार रूपये मिली

अच्छे बीज रीश्तिक संस्थान का निर्माण होने के लिए उनका सलेक्शन करना जरूरी था हमने केवल छह किए थे

तो ये कूल मिला के सभी क्षेत्रों में जो संकल्प बनाया है कि पांच साल में सड़क रेलये बंदरगाह एयरपोर्ट और सड़क बिजली पानी ये सब अगर तैयार करे अब ये पूरा हो रहा है आकाशवाणी के बारे में उन्होंने कहा कि यह कई वर्षों से एक विश्वसनीय संस्था बनी हुई है उन्होंने कहा कि रेडियो की पहुंच देश के हर कोने में है और लोग इसे पसंद करते हैं श्री जावडेकर ने कहा कि रेडियो को सूचना और मनोरंजन दोनों का माध्यम होना चाहिए उन्होंने यह भी कहा कि सरकार एफएम स्टेशनों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और इसमें निजी एफएम भी शामिल होंगे मुझे लगता है हम तो रेडियो को हर एक के राथ में मोबाइल में रेडियो पूरा सुनेगा इसके लिए एफएम का विस्तार आकाशवाणी का भी विस्तार प्राइवेट लेयर के साथ एफएम भी ऑपरान भी तीसरा हो जल्दी तो एक नई नीति कारगर बना रहे कि दूरदर्दर्दन समाचार पत्र और आकारावानी तीनों मिलकर जीवन को समृद्ध भी बनाए आनदमयी भी बनाए और बहुत सारी जानकारी भी देते रहे श्री जावड़ेकर ने कहा कि निजी एफएम चैनल आकाशवाणी के समाचार प्रसारित कर सकते हैं सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि दो हजार चौबीस तक डिजिटल तकनीक आ जाएगी और इससे एफएम स्टेशनों की संख्या चार गुना तक बढ़ जाएगी पर्यावरण के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार ने एक सौ दो शहरों के लिए स्वच्छ वायु कार्यक्रम तैयार किया है क्योंकि साफ हवा हर नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है श्री जावड़ेकर ने यह भी कहा कि सरकार प्रकृति के पंचतत्वों के संरक्षण के प्रति वचनवद्व है नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के विरोध में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर भी हड़ताल में शामिल हो गये हैं पटना एम्स और दरभंगा के डीएमसीएच के चिकित्सक पूर्व से ही हड़ताल पर हैं चिकित्सकों की हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं ब्री तरह प्रभावित हुयी हैं पीएमसीएच के अधीक्षक डॉ राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि चिकित्सकों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति से निपटने के प्रयास किये जा रहे हैं इधर आईएमए की बिहार इकाई के सचिव डॉ ब्रजनंदन कुमार ने कहा है कि कल आईएमए की नई दिल्ली में होने वाली बैठक में हड़ताल के संबंध में अंतिम रूप से कोई फैसला किया जायेगा पानी की समस्या वाले बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में जल सुरक्षा बढ़ाने के लिए जल शक्ति अभियान चलाया जा रहा है अब तक दो सौ छप्पन जिलों में पारंपरिक स्त्रोतों के जीर्णोद्वार से जल संरक्षण के लिए साढ़े तीन लाख से अधिक कार्य किये गये इनमें से एक लाख चौवन हजार काम जल संरक्षण और बारिश के पानी के संचय के लिए किए गए इस अभियान की केंद्रीय कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने नई दिल्ली में समीक्षा की बैठक में बताया गया कि ढ़ाई करोड़ से अधिक लोगों ने इस अभियान में भाग लिया और इसे जन आंदोलन का रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया इन प्रयासों के तहत सवा चार करोड़ से अधिक पौधे भी लगाए गये प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और चलाये जा रहे राहत कार्य का जायजा लेने के लिये विभिन्न जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने आज प्रभावित जिलों में समीक्षा बैठक की इस दौरान प्रभारी मंत्रियों और सचिवों ने स्थानीय अधिकारियों और लोगों से बातचीत की समीक्षा के बाद इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपी जायेगी इधर मध्रबनी जिले के झंझारपुर अंचल कार्यालय में बाढ़ पीड़ितों ने राहत के लिये बनायी गयी सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुये तोड़फोड़ की और अधिकारियों तथा कर्मियों के साथ मारपीट भी की इधर प्रदेश के सूखा प्रभावित जिलों में भी सूखाड़ की स्थिति की समीक्षा की गयी छपरा में प्रभारी मंत्री मंगल पाण्डेय जमुई में मोहम्मद खुर्शीद और औरंगाबाद में ब्रज किशोर बिंद ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों से किसानों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से अब सीधे चिकित्सकों की नियुक्ति होगी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज पटना में इंडियन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के वार्षिक सम्मेलन में ये घोषणा की मुंगेर जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलन बाजार मिर्जापुर और संदलपुर मुहल्लों में पूलिस ने छापेमारी कर तीन मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया मौके से भारी मात्रा में निर्मित अर्द्वनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किये गये वहीं दूसरी तरफ हथियारों की तस्करी के मामले में बेलन बाजार से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है प्रो कबड्डी के सातवें सीजन के पटना लीग के मैच आज से पटना के पाटलिप्त्र खेल परिसर में शुरू हो गये हैं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लीग की विधिवत शुरूआत की उद्घाटन मैच में पटना पायरेट्स टीम का मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर से हो रहा है शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड के ककरार गांव में वज्रपात की घटना में एक महिला की मौत हो गयी रोहतास के जिलाधिकारी पंकज दीक्षित ने डिहरी तिलौथू और नौहट्टा के अंचलाधिकारियों से कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में स्पष्टीकरण की मांग की है समस्तीपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मगरदही घाट के पास से पुलिस ने एक ट्रक से दो सौ चौदह कार्टन शराब बरामद की है पूर्व मध्य रेलवे के किउल गया रेलखंड के तिलैया जंक्शन पर आज से कम्प्यूटरीकृत आरक्षण की सुविधा शुरू हो गयी है और अब अंत में मुख्य समाचार उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू एक दिन के दौरे पर कल पटना आ रहे हैं

और प्रो कबड्डी के पटना लीग की शुरूआत